राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हए श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमें और अधिक निवेश और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है निजी क्षेत्र के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र को बुरा भला कहने की संस्कृति मान्य नहीं है और यह देश के युवाओं का अपमान करने के समान है प्रधानमंत्री ने किसी भी समस्या के लिए किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है उन्होंने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने का फिर से भरोसा दिलाया है उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ साथ केंद्र सरकार किसानों का सम्मान करती है और यही कारण है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं

आपको बता दें कि सुचना प्रद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया ट्विटर का गलत इस्तेमाल करने वाले एक हजार चार सौ से अधिक ट्विटर अकाउंट को बंद करने को कहा था लेकिन कंपनी ने केवल पांच सौ अकाउंट को ही बंद किया है इस मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी कंपनियों को भारत में कानून का पालन करना आवश्यक होगा इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बताया कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए सहमत हो गए हैं रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा कि चीन ने पिछले साल बार बार घुसपैठ का प्रयास किया लेकिन भारत ने हमेशा चीन के दावों को खारिज करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि द्विपक्षीय संबंधों को केवल दोनों पक्षों के सहयोग से ही बेहतर बनाया जा सकता है

रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गयी है कि नियम के खिलाफ प्रोन्नति पर रोक लगाने में शामिल सभी पदाधिकारियों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई की जाये समिति ने तत्कालीन मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की है

मुठभेड़ में सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गये गंभीर रूप से घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं दूसरा जवान मामूली रूप से घायल है हमारे बोकारो संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ओर सीआरपीएफ कमांडेंट की अगुवाई में सर्च अभियान चलाया जा रहा था इस दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गयी

इसमें एक लाख पंद्रह हजार एक सौ सोलह स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं और बयालिस हजार पांच सौ नब्बे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं

मंत्रालय ने कहा कि एक करोड़ पांच लाख से अधिक मरीज इस बीमारी से पहले ही उबर चुके हैं

विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किया है

यदि दूसरा डोज समय पर नहीं लिया गया तो टीकाकरण प्रभावी नहीं होगा और ऐसे में उस व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण होने का खतरा बरकरार रहेगा इधर एडवाइजरी जारी होने के बाद धनबाद जिले के सिविल सर्जन डॉ गोपाल दास ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है पहले डोज का टीका लेने वाले सभी लाभुकों को उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा जा रहा है इसमें दूसरे डोज की टीका लेने की तिथि स्थान आदि के बारे में बताया जा रहा है

सेंटर प्रमुख पदमश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने बताया कि सीनियर आर्टिस्टों के प्रदर्शन का लाइव परफॉर्मेस फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदर्शित होगा उन्होंने कहा कि वर्चअल नृत्य संध्या के माध्यम से जीवंत और ऊर्जावान बनाने का प्रयास किया जा रहा है

रैली में शामिल लोग अन्य लोगों को सड़क पर आवागमन को लेकर सुरक्षा नियमों की जानकारी देंगे वाहन चलाने समय हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट लगाने के अलावा परिवहन संबंधी अन्य नियमों की जानकारी रैली के माध्यम से दी जाएगी उपायुक्त श्री यादव ने बताया कि जागरूकता नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे

उन्होंने आपूर्ति पदाधिकारी और समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को कहा कि वे आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें और अधिक लोगों को इसका लाभ मिले उपायुक्त ने जानकारी दी कि जिले में हरा कार्ड का वितरण कार्य जारी है अभी तक चौबीस हजार लोगों को हरा कार्ड वितरण किया गया है बाकी लाभुकों को जल्द ही वितरण किया जाएगा

मिठाइयों में मिलावट की आशंका को देखते हुए मौके पर ही चलत जांच केंद्र में इसकी जांच भी की जा रही है छापामारी दल की अगुवाई खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मोइन अख्तर तथा इंस्पेक्टर धनपत महतो कर रहे हैं जिले के सरायकेला नगर आदित्यपुर व राजनगर प्रखंड में होटल एवं द्वकानों की छापामारी की गई है इसके अलावा कस्तूरबा विद्यालयों में खाद्य सामग्री की जांच भी की जा रही है

कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नई दिल्ली में शाम पांच बजे वेबसाइट की शुरूआत करेंगे सीबीआई की अदालत में लालू प्रसाद के बहचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले की नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है मामले की सुनवाई जल्द पूरी कर ली जाएगी